प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनीकी अध्यक्षता में आज जयपुर में पार्टी मुख्यालय पर यात्रा की तैयारियों को लेकर चली मैराथन मंथन में यह निर्णय किया गया बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र राठौडत्र गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया और कैबिनेट के अन्य मंत्रियों सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यात्रा कार्यकम के लिए संभाग वार बनाये गये संयोजक और सह संयोजकों ने भाग लिया

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्कूलों के विद्यार्थियों से सीधे संवाद करने के निर्देश दिए हैं श्रीनगर में कल शहीद हुए सीआरपीएफ के सिपाही शंकर सिंह बराला का आज उनके पैतृक गांव शाहपुरा उपखंड के तेजपुरा गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शहीद जवान की शहादत पर संवेदना प्रकट की है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि शंकर सिंह ने अपने शहादत देकर पूरे प्रदेश और देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने भी शहीद परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश के खिलाफ हो रही साजिशों का हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

सीकर के खंडेला के बहादुरपुरा में एनीकट टूटने पाली के जैतारण के घलेरिया गांव का गवाई तालाब टूटने से कई गांवों का आवागमन बेद हो गया है

जिसके कारण शहर की निचली बस्तियों जयसिंहपुरा गिरधारीपुरा सहित कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी है इसके साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को भोजन सामग्री उपलब्ध करायी गयी जयपुर जिले के बधाल का चौमूं से सम्पर्क कट गया है

बारा जिले में पिछले दो दिन से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर रहे पुलिया ऊपर पानी होने से कई गांवों से सम्पर्क कटा हुआ है केलवाड़ा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से भैंसासुर खिरिया और बाणगंगा नदियों से रास्ते बंद हो गए

बारिश के कारण नदी नालों में पानी की आवक ेतेजी से बढ रही है वहीं कोटा में कालीसिंघ चम्बल और पार्वती नदियों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है

इससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के कारण निजी वाहन चालकों ने भी मनमाना किराया वसूलना शुरू कर दिया है जिससे यात्रियों पर दोहरी मार पड़ रही है जयपुर में रोडवेज बसों की हडताल के साथ ही लो फ़्लोर बस चालकों ने भी हडताल कर दी है जिसके कारण शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है

कार्यक्रम में कल सुबह प्रसारित होने वाले एक घंटे के कार्यक्रम में राज्यराजस्व आसूचना निदेशालय के महानिदेशक श्री संजीव से श्रोता सवाल पूछ सकेंगे

ये सभी बच्चे तालाब पर नहाने गए थे और गहरे पानी में फंस गए